हरियाणा सरकार ने पंचक्ला हिंसा मामले में डेरा प्रम्ख सिरसा म्खी की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत के खिलाफ प्लिस को देशद्रोह के म्कदमें की इजाज़त दे दी है हनीप्रीत के साथ एफआईआर में शामिल आरोपियो पर आरोप तय करने को लेकर जिला अदालत मे बहस शुरू ह्ई जिसमें यह स्पष्ट हो गया कि डेरा प्रमुखी को जिला अदालत से भगाने की आरोपी हनीप्रीत को देश द्रोह की धारा से राहत मिलना म्श्किल हो सकता है हनीप्रीत के अलावा उसकी साथी स्खदीप के खिलाफ भी प्लिस ने देश द्रोह की धारा लगाई है मामले की अगली स्नवाई छ मार्च को होनी है इस एफआईआर में प्लिस ने हनीप्रीत के अलावा स्रिंदर धीमान दान सिंह चमकौर सिंह गोविंद राम दिलावर इसां डॉ पवन इसां जैसे डेरे से जुड़े खास लोगों के खिलाफ देश द्रोह की धारा लगाई है और सरकार ने इसके लिये प्लिस को मंजूरी दे दी है हरियाणा के मल्टीपल प्लॉट घोटाले में दर्ज एफआईआर में उनसठ लोगों के नाम शामिल है इनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है आरोप है कि इन लोगों ने हरियाणा विकास प्राधिकरण से रिवर्ज कैटेगरी के कई कई प्लॉट हासिल कर लिये थे जबकि नियमनुसार एक व्यक्ति एक ही प्लॉट ले सकता है मिली भगत व धोखाधड़ी का यह मामला पांच साल बाद हाईकोर्ट के निर्देशों से दर्ज हआ

कृषि विभाग ने इस परियोजना के तहत कृषि बागवानी ग्रामीण विकास सिंचाई एवं जल संसाधन कैनाल एरिया विकास प्राधिकरण और वन जैसे विभागों दवारा गतिविधियां शुरू की है

उन्होंने कहा कि सूक्षम सिंचाई प्रणाली से पैदावार दो से तीन ग्णा ब्रढ़ जाती है और उत्पादन क्वालिटी भी बेहतर होती है पहाड़ी इलाकों में ज्यादा ठंड होने से यम्ना का जल स्तर घट रहा है और पानी की आपूर्ति बहत कम होने से हाइडिल प्रोजेक्ट में बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है

पिछले एक सप्ताह से पानी कम चलने के कारण हाइडिल में बिजली का उत्पादन एक लाख यूनिट से भी कम हो रहा है तथा आठ मे से दो ही मशीने चल रही है हरियाणा के एक सीनियर अधिकारियों की बेटी छेड़छाड़ मामले में कल मंगलवार को चंडीगढ़ अदालत में तीन पीसीआर कर्मियों के बयान दर्ज किये गये

योजना राज्य मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह ने आज कहा है कि नीति आयोग ऐसा पूर्ण प्रमाणित तंत्र लाया जायेगा जिससे किसानों को उनके उत्पाद की लाभकारी कीमत मिल सकेगी नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश के तिरानवे प्रतिशत जिलों को अटल टिंकरिंग प्रयोगशालायें दी रही है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि एक सौ पन्द्रह आकांक्षी जिलों को प्रधानमंत्री के नेत्तृत्व में स्धारा जा रहा है और अब सरकार राज्यों की शिक्षा और पानी के आधार पर रैकिंग करेगी

साथ ही आयोग राज्यों सरकारों के साथ एक ऐसा तंत्र विकसित करने पर भी विचार विमर्श कर रहा है कि भ् मालिकों के अधिकारों से समझौता किये बिना पट्टीदारों को क्रेडिट मिल सकें कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि बाज़ार यानि ई नेम वेबसाइट की छ नई स्विधाओं की श्रूआत की जो किसानों के लिए अन्कूल होगी उन्होंने बताया कि ई नेम सरकार की एक बड़ी ओर महत्वकांशा योजना है जो किसानों को ऑन लाइन बोली प्रक्रिया के जरिये प्रतिस्पर्धी बनाने और उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य दिलाने को उद्देश्य से शुरू की जा रही है कृषि मंत्री ने कहा कि ई नाम योजना राज्यों की चार सौ उन्चासी मंडियों और एक केन्द्र शासित प्रदेश में लागू की जा च्की है

साथ ही स्नातक की परीक्षा ग्रामीण क्षेत्र में साठ तथा शरही क्षेत्र में पैंसठ प्रतिशत अंक से उर्तीण करने वाले छात्र भी आवदेशन के पात्र होंगे सरकार ने करनाल में स्ट्रीट वैंडर्स के सर्वेक्षण का काम श्रू कर दिया है नगर निगम के ये काम नोएडा की एक कपंनी को सौंपा है एक सरकारी प्रवक्ता के अन्सार सर्वेक्षण के अन्सार सर्वे से पूर्व निगम ने स्ट्रीट वैंडर्स कमेटी के सदस्यों की बैठक कर उन्हें सर्वेक्षण की सूचना दे दी थी सर्वे दौरान एजेंसी की प्रतिनिधि बायोमैट्रिक के साथ साथ मोबाइल एप में बैंडर्स की फोटों व अन्य जरूरी सूचना ले रहे है इसके लिए बैंडर्स की फोटों से कोई श्ल्क नही लिया जा रहा है सर्वेक्षण एजेंसी अपना पूरा कर विस्तृत रिपोर्ट निगम को सौंपेगी

पलवल में मंडकौला स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र में पांच दिवसीय फल फूल सब्जियों तथा औषधियों की नर्सरी उत्पादन के किसान प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया जिससे अन्सूचित जाति के तीस प्रतिभागियों को नर्सरी उत्पादन के व्यवसयाय बारे प्रशिक्षण दिया गया केन्द्र के वरिष्ठ समायोजक डॉ बी के शर्मा ने शिविर का श्भारंभ करने के बाद कहा कि नर्सरी एक सरल व लाभकारी व्यवसाय है बेरोज़गार य्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर बैंक से आर्थिक सहायता लेकर नर्सरी लगाकर आय उपार्जन कर सकते है